मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके है

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख की टेड्रोस अदनोम गैब्रियस ने चीन को इस वायरस संकमण की रोकथाम के लिए सभी जरूरी सहायता देने का भी आश्वासन दिया है भारत और अमरीका सहित दुनिया के सभी देश चीन के हुबेई प्रांत से अपने नागरिकों को वापस बुलाने का प्रयास कर रहे हैं हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में भारत के ढाई सौ से अधिक नागरिक है जिसमें अधिकतम शोध छात्र और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों में काम करने वाले लोग है

मंत्रालय ने कहा कि उसने बार बार बैंकों को आश्वस्त किया है कि वास्तविक वित्तीय असफलताओं और वित्तीय अनियमित्ताओं के बीच फर्क किया जायेगा बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपने आंतरिक अनुशासन और सतर्कता संबंधी मामलों को तय समय सीमा के अन्दर निपटाएं और उसमें बिना कारण देरी ने की जाय

जिला कलेक्टर कमार पाल गौतम ने बताया कि जिले की इन दोनों तहसीलों में टिड़िडयों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है

इसके तहत त्वरित कार्यवाही करते हए गिरदावरी करवाई गईे

श्री गुप्ता ने कल जयपुर में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक में कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और व्यवहार में लाने के लिए कला साहित्य और संस्कृति विभाग को राज्य नोडल विभाग बनाकर विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है

शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती का पूजन किया जा रहा है वहीं विभिन्न कार्यक्रम हो रहे है